राज्य के संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी डी जे भट्टाचार्य ने बताया है कि नवासी दशमलव दो प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने कहा कि निपक्ष्य और शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र प्रलिस बल की बारह कंपनियां इस विधानसभा क्षेत्र के तेईस मतदान केंद्रों पर तैनात की गई थी खोंसा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में कुल दस हजार एक सौ छियासी मतदाता है जिनमें से पांच हजार दौ सौ छत्तीस महिला मतदाता है इस उप चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवारों श्रीमती चाकत आबोह और अजेत होमटोक के बीच सीधा मुकाबला है श्रीमती चाकत आबोह की उम्मीदवारी को भाजपा कांग्रेस सहित पांच मुख्य राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है वे नेशनल पीपूल्स पार्टी के नेता तिरोंग आबोह की पत्नी है जिनका एन एस सी एन के संदिग्ध आतंकियों ने चुनाव परिणाम आने से दो दिन पहले इक्कीस मई को तिरप जिले में गोली मारकर हत्या कर दी थी उप चुनाव के मतों की गिनती चौबीस अक्टूबर को होगी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए आज वोट डाले गये महाराष्ट्र में विधानसभा की दो सौ अट्ठासी सीटों के लिए दो सौ पैतीस महिलाओं सहित तीन हजार दो सौ सैतीस उम्मीदवार मैदान में है जबकि हरियाणा में विधानसभा की नब्बे सीटों के लिए एक सौ चार महिलाओं सहित एक हजार एक सौ उनहत्तर उम्मीदवार मैदान में है आज ही सत्रह राज्यों में लोक सभा की दो और विधानसभा की इक्यावन सीटों के उप चुनाव के लिए भी मतदान हुआ इक्यावन विधानसभा सीटों में से ग्यारह उत्तर प्रदेश की छह गुजरात पांच पांच केरल और बिहार चार चार पंजाब और असम तीन सिक्कीम दो दो सीटें तामिलनाडू राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तथा एक एक सीट ओड़िसा तेलंगाना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेघालय पुंडुचढ़ी और अरुणाचल प्रदेश की है मतों की गिनती चौबीस अक्टूबर को होगी चांगलांग जिले में जोंगफोहटे से सुरक्षाबलों ने उल्फा आई के एक बड़े उग्रवादी को गिरफ्तार किया है उसकी पहचान स्वयंभू लांस कॉर्पोरल रुपांतों मोरन के रुप में हुई है तीस वर्षीय मोरन असम के तिनसुकिया का निवासी है वह सुरक्षाबलों के खिलाफ विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश कर रहा था उसे खुफिया सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध इलाकों में सप्ताह भर चले अभियान के बाद भारी संख्या में हथियार और गोला बारुद के साथ गिरफ्तार किया गया मोरन के कब्जे से मैगजीन सहित एक एम क्यू असॉल्ट राईफल उनचास गोला बारुद कॉम्बैट पोशाक और अन्य हथियार बरामद किये गये भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तीन आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए है और दस पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सैनिकों ने कल नीलम घाटी में चार आतंकी शिविरों और कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर भारी गोलीबारी की सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने संवाददाताओं को बताया कि नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है मारे गए आतंकवादियों की संख्या के बारे में और जानकारी ली जा रही है उन्होंने बताया कि केंद्र रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी गई है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश प्रगति की राह पर अग्रसर है और पुलिस कर्मी पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं श्री शाह आज नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे है थे गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस कर्मियों के कार्य स्थल को बेहतर बनाने उनके स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित सभी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित बनाने के लिए समयबद्ध कदम उठायेगी गृहमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से अबतक ड्यूटी के दौरान पैतीस हजार से अधिक पुलिस कर्मी अपने प्राणों की आहुति दे चुके है इक्कीस अक्टूबर उन्नीस सौ उनसठ को लद्दाख के हट स्प्रिंग्स में चीन की सैनाओं के साथ संघ्रष के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों की स्मृति में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आज बागवाणी एवं वानिकी महा विद्यालय पासीघाट के सभागार में कानूनी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर जिला उपायुक्त किन्नी सिंह पुलिस अधीक्षक रंजन सिंह अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की कानूनी सलाहकार सहित कई विशेषज्ञ मौजूद थे